न् सरकारी विद्यालयों में पन्द्रह जून से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र एक कक्षा में पंद्रह से अधिक विद्यार्थी नहीं बैठेगें

झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है राज्य में कल बाइस नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए इसमें से बीस संक्रमित मरीज गढ़वा जिले और दो कोडरमा के रहने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नीतिन मदन क्लकर्णी ने इसकी पुष्टि कर दी है इस तरह अबतक एक दिन में संक्रमित मरीजों के सामने आने का यह सबसे ज्यादा मामला है राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या एक सौ चौवन हो चुकी है इसके तहत रांची में तिरान्बे गढ़वा में तेईस बोकारो में दस हजारीबाग में तीन धनबाद में दो गिरिडीह में दो कोडरमा में दो सिमडेगा में दो देवघर में चार पलामू में आठ जामताड़ा में दो दुमका में दो और गोड्डा में एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है इन संक्रमितों में तीन की मौत हो चुकी है जबकि बावन मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं इधर गढ़वा जिले में एक साथ कोरोना संक्रमण के बीस नए मामले आने के बाद प्रषासनिक सक्रियता बढ़ गई है कल रात में ही सभी संक्रमितों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराने के साथ लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एनके रजक ने बताया कि जिन मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है वे सभी पांच मई को छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों से लौटे थे इससे पहले कल ही यहां मिले तीन संक्रमित मरीजों की तीसरी जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी कोडरमा जिले में मिले संक्रमितों में एक व्यक्ति डोमचांच और दूसरा तिलैया का रहने वाला है दोनों का इलाज कोविड अस्पताल में चल रहा है वे आइसोलेशन वार्ड में इलाजरत है इससे पहले दस अप्रैल को यहां कोरोना संक्रमित मरीज मिला था जिसे स्वस्थ होने के बाद पांच मई को अस्पताल से छट्टी दे दी गई थी देष के दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के झारखंड वापस आने का सिलसिला जारी है इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के कुरन्नुल स्टेशन से आज ग्यारह सौ चालीस प्रवासी मजदूर रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन पहँचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहँचने वाले इन मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए बर्सों से गंतव्य के लिए रवाना किया गया

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में वे किताबों को अपना दोस्त बनाएं और नियमित रुप से महापुरुषों की जीवन और सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए पढ़ाई करने के साथ बुजुर्गों की सेवा कर्रे इससे काफी हद तक मानसिक तनाव की स्थिति से निजात पाई जा सकती है अगर कोई ड़िप्रेशन में आ रहा है तो वह ऑनलाइन काउंसलिंग की मदद लें और भविष्य की योजनाओं पर फोकस करें राज्य में सैनिटाइजर के अवैध निर्माण बिक्री और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है इस सिलसिले में दस दवा दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है जबकि तीन दवा द्वकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है

वहीं जमाखोरी के तीन मामलों में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है

वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता परिचर्चा में हिस्सा लेंगे

यह विशेष कार्यक्रम आज रात नौ बजकर पच्चीस मिनट पर एफएम गोल्डर और अतिरिक्तै मीटरों पर सुना जा सकता है कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्याज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यू ट्यूब चौनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्यल रहेगा

राज्य के सरकारी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र पंद्रह जून से शुरू होकर अगले साल इकअतीस मार्च तक चलेगा वहीं अठारह मई से चौदह जून तक गर्मी की छट्टी रहेगी हालांकि एक जून से ही आठवीं से बारहवीं तक की कक्षाए शुरु हो जाएगी सुबह साढ़े छह बजे दिन के साढ़े ग्यारह बजे तक स्कूलों का संचालन होगा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है इसके अंतर्गत साढ़े नौ महीने के शैक्षणिक सत्र के दौरान दो सौ नौ दिन कक्षाएं चलेंगी इस दौरान सोमवार से शनिवार तक सुबह नौ से शाम चार बजे तक पढ़ाई होगी विभाग द्वारा बताया गया कि सोलह मई तक विद्यार्थियों को मुफ्त में किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए एक क्लास में पन्द्रह से अधिक विद्यार्थी नहीं बैठेंगे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

जिलों को कहा गया है कि वे पास के लिए मिले आवेदनों को बिना वजह लंबित नहीं रखें आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए सेंट्रलाइज्ड़ ई पोर्टल शुरू किया है इस पोर्टल पर जरुरतमंद लोग आवागमन पास के लिए आवेदन कर सकते हैं पिछले तीन दिनों में इस पोर्टल पर लगभग छब्बीस हजार आवेदन मिल चुके हैं जिनमें से करीब तेरह हजार आवेदकों को पास जारी किया जा चुका है जबकि कुछ आवेदकों के आवेदन को वांछित दस्तावेज नहीं होने की वजह से रद्द कर दिया गया इस पोर्टल के माध्यम से डाटा भी तैयार किया जाएगा कि कितने पास के लिए कितने आवेदन मिले और उसमें कितने स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए

लॉकडाउन में बेहतर काम और सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन करने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार सम्मानित करेगी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अभियान निदेशक उमाशंकर सिंह ने बताया कि डिजिटल कंटेंट के माध्यम से बच्चों को पढा रहे शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा उधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय आईसीटी अवार्ड के लिए शिक्षकों के नाम और उनके कार्यो की जानकारी राज्य सरकार से देने को कहा है राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कार्यरत दिव्यांग पदाधिकारियों और कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान कार्यालय आने की बाध्यता से छट दी है कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है

राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक तेज हवा के साथ बारिश एवं वजपात होने की संभावना है मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले चौबीस घंटे मे राज्य के उत्तरी मध्य और पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं तेज हवा चल सकती है वहीं ग्यारह से चौदह मई तक राज्य के लगभग सभी इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात हो सकता है रांची स्थित मौसम केंद्र के निदेशक एसडी कोटाल ने बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से ही मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है